मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क जरूर पहनें

खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा लॉकडाउन में फंसे लोगों की सहायता के लिए टॉल फ्री नम्बर जारी किया गया है राज्य में लॉक डाउन के दौरान लोगों को घर में रहने के लिए तरह तरह से जागरूक किया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि भारत कोरोना संक्रमण से निबटने के लिए तैयार है और लोगों को घबराने की जरुरत नहीं है उन्होंने आज नई दिल्ली में कहा कि देश में कोरोना जांच और चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है संयुक्त सचिव ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान संक्रमित मरीजों की संख्या में नौ सौ नौ का इजाफा हुआ है और अब कुल संक्रमितों की संख्या आठ हजार चार सौ सैंतालीस हो गयी है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी लोगों से अपील की है कि जब भी आवष्यक कार्य से घर से निकलें मास्क जरूर पहने उन्होंने कहा है कि अगर घर में मास्क न हो तो किसी भी साफ कपड़े से तीन लेयर का मास्क बनाकर नाक और मुंह को अच्छी तरह ढक ले उन्होंने कहा है कि कोरोना संकमण से खुद भी बचे और लोगों को भी बचाये राज्य सरकार बार बार राज्य के सभी नागरिकों से घर पर रहने के लिए आग्रह कर रही है क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेन्सिंग जरूरी है घर पर रह कर ही इस बीमारी के संक्रमण से बचा जा सकता है

पॉजिटिव पाए गए लोगों मे छह बोकारो के हैं दो हजारीबाग एक कोडरमा और आठ लोग राँची के हैं कोरोना से बचाव के लिए राज्य में तीन हजार सात सौ अड़सठ क्वॅरिंटाइन सेंटर कार्य कर रहे हैं जिसमें पन्द्रह हजार पांच सौ अड़तालीस लोगों को क्वॉरेंटाइन किया जा रहा है वहीं एक लाख आठ हजार नौ सौ ग्यारह लोग होम क्वॉरेंटाइन में रह रहे हैं अभी तक उनहत्तर हजार आठ सौ तिरानवे लोगों ने अपना क्वॅरिंटाइन पूरा कर लिया है भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सेवादूतों का वेतन दोगुना करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि ये सेवादत अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर राज्य के लोगों को सुरक्षित रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभा रहे हैं इसलिए विशेष रूप से इन्हीं कार्यो में लगे इन कर्मियों को चिन्हित कर इनकी तत्परता जोखिम और लगन को देखते हए प्रोत्साहन स्वरूप इस पूरी अवधि का इनका वेतन दोगुना कर देना चाहिए कुछ राज्यों ने ऐसा कदम उठाया भी है कोरोना वायरस के संक्रमण से रांची में दूसरी मौत के बाद आज पुलिस ने लॉक डाउन में सख्ती बढ़ा दी है रांची में लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है सड़कों पर निकलने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है पुलिसकर्मी लोगों को बेवजह घरों से निकलने से मना कर रहे हैं साथ ही जरूरी काम के लिए बाहर निकलने वालों से मास्क पहनकर ही बाहर निकलने की अपील कर रहे हैं रांची के कई चौक चौराहों पर पुलिसकर्मियों ने कई वाहन मालिकों से जुर्माना वसुल किया ऑनलाइन फोटो खींचकर जुर्माना की राशि वसूल की जा रही है पुलिसकर्मियों ने लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने की हिदायत दी सुबह से ही पुलिसकर्मी बाजारों और सड़कों पर लगातार गश्त लगा रहे हैं इधर रांची के हिंदपीढ़ी में सभी एंट्री प्वाइंट पर कोरोना कंटेनमेंट जोन का बोर्ड जिला प्रशासन ने लगा दिया है इसके तहत दूसरे क्षेत्र के लोगों का इस क्षेत्र में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है

रांची में पुलिस लगातार जरूरतमंद और गरीब लोगों को भोजन करा रही है सभी थानों में सामुदायिक रसोई केंद्र में खाना बनाकर लोगों को भोजन कराया जा रहा है राज्य के चौबीस जिलों में से अबतक चार जिलों रांची हजारीबाग बोकारो और कोडरमा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं अब तक राज्य में कूल सत्रह कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं राज्य में कोरोना संकमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर दो हो गई है आज सुबह रांची के रिम्स में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु हो गई रिम्स निदेशक डीके सिंह ने बताया कि मृतक कोरोना पॉजिटिव था लेकिन उसमें अन्य कई तरह के कॉम्प्लिकेशन भी थे

रिम्स प्रशासन अभी इस बात पर विचार कर रहा है कि शव को डिस्पोज कैसे किया जाए

मुतक के परिवार के अन्य पांच लोग अभी भी रिम्स में इलाजरत हैं हिंदपीढी से अब तक आठ पॉजिटिव केस आये हैं राज्य की पहली कोरोना पॉजिटिव पाई जाने वाली मलेशियन महिला व एक अन्य को छोडकर बाकी सभी मृतक के परिवार से हैं इनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है किसी ने भी कहीं की यात्रा नहीं की थी राज्य में अबतक संक्रमितों की संख्या सत्रह है जिनमें मारने वालों की संख्या दो हो गई पहले कोरोना मरीज की मौत नौ अप्रैल को बोकारो के एमजीएम अस्पताल में हुई थी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

खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राज्य में किसी भी जरूरतमंद असहाय को खाद्यान्न से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को दूर कराने के लिए टॉल फ्री नम्बर एक नौ छह सात तथा एक आठ शून्य शून्य दो एक दो पांच पांच एक दो जारी किया गया हैं जरूरतमंद लोग राज्य कोरोना नियंत्रण केंद्र के टॉल फ्री नम्बर एक आठ एक पर भी सम्पर्क कर सकते हैं विभाग द्वारा प्राप्त आंकडो के अनुसार अभी तक एक लाख चालीस हजार से अधिक लोगों तक अनाज पहंचा दिया गया है वहीं नॉन पीडीएस के तहत एक लाख सरसठ हजार से अधिक लोगों को अनाज उपलब्ध करा दिया गया है दाल भात की विभिन्न योजनाओं में अब तक तैंतीस लाख बयालीस हजार से अधिक लोगों को भोजन कराया जा चुका है

रामगढ जिले में क्वॉरेंटाइन सेंटर में भर्ती दो चिकित्सकों के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है रामगढ़ छतर मांडू स्थित ओल्ड एज होम में बनाये गये क्वॉरेंटाइन सेंटर में मरीज के रूप में भर्ती दो चिकित्सक डॉक्टर ए डब्लू नियाजी और डॉक्टर अरुण सिन्हा पर लोगों की षिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है लातेहार जिले में उपायुक्त के निर्देष पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है

आज जमुआ सहित कई अन्य थाना क्षेत्रों में ड्रोन के जरिये फोटो ली गयी और वीडियो रिकॉर्डिंग करायी गयी इसके माध्यम से लॉक डाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी जिला प्रशासन द्वारा लॉक डाउन की अवधि में लोगों को घर में ही रहने के लिए कई तरह से अपील की जा रही है और कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसी के तहत हजारीबाग में आज एक पुलिसकर्मी ने कोरोना रूपी यमराज के रूप में शहर की सड़कों पर लोगों से लॉकडाउन न तोड़ने की अपील की पुलिस उपाधीक्षक कमल किशोर ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना रुपी यमराज के वेशभूषे में पुलिसकर्मी को उतारा गया है

ऐसे लोगों पर ड्रोन कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही है देवघर के करणी बाग चौक पर पीसीआर के पुलिसकर्मियों ने कई युवकों को समझाया और भविष्य में लॉक डाउन का पालन करने की शर्त पर उन्हें घर जाने दिया गया देवघर जिले में पुलिस ने मोहनपुर में एक छात्रा से सामूहिक द्वष्कर्म के बाद हत्या मामले में चार अभियुक्तों को गिरफतार किया है गिरफ्तार युवकों ने अपना जूर्म स्वीकार कर लिया है देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के सरैया जंगल में एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी ईस्टर का पर्व आज विश्वभर में मनाया जा रहा है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोगों को ईस्टर की शभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि आज का दिन ईसा मसीह के विचारों और खासकर गरीबों तथा जरूरतमंदों की भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत रहने के उनके संदेश को याद करने का अवसर है इधर राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में भी ईस्टर मनाया जा रहा है विष्वासी लॉक डाउन के बीच अपने अपने घरों में पूरे परिवार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं